केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है लोकसभा मैं एक लिखित उतर मैं उन्होंने बताया कि हाल ही मैं सरकार ने संरचनात्मक स्धारों के लिए कई कदम उठाये है उन्होंने आगे कहा कि दिवालयपन और ऋण केा वापिस न कर पाने बारे लाई गई संहिता देश की वितीय प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है वितमंत्री ने कहा कि देश में व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए सेवा और वस्तुकर लागू किया गया उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में काले धन को खत्म करने और और और समावेश विकास करने के लिए नोटबंदी एक आवश्यक कदम था

आज लोकसभा में वित राज्य मंत्री अन्राक सिंह ठाक्र ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

उल्लेखनी है कि फर्जी कंपनियां एक से अधिक मामलों में शामिल पाई गई है कल संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र ब्लाया गया है

जानकारी के अन्सार हरियाणा विधानसभा को अंदर और बाहर से पूरी तरह सजाया जायेगा

हमारे संवाददाता के अन्सार कल विशेष सत्र के दौरान ज्यादा विधायी कार्य नहीं होंगे प्रश्न काल काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सत्र में नहीं आयेंगे हमारे संवाददाता ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्रुप्ता के हवाले से बताया है कि विशेष सत्र में गांवों में शराब के ठेके खोलने अथवा नहीं खोलने का अधिकार ग्राम सभाओं को देने सम्बधी हरियाणा मंत्रिमंडल के फैसले पर विधेयक आ सकता है कृषि मंत्री जे पी दलाल ने प्रदेश में कोई धान धोटाला होने से इन्कार किया है उन्होंने कहा कि शैलरों के रखरी जीरी को सरकार कभी भी जांच सकती है और जांच में अभी तक कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई है कृषि मंत्री आज करनाल के धरोड़ा में इंडो इज़रायल परियोजना का दौरा करने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने विपक्ष के धान घोटाने के आरोप को खारिज करते हये कहा कि अभी तक स्टॉक चैकिंग में कोई कभी सामने नहीं आई है अगर कमी पाई जो उचित कार्रवाई की जायेगी उन्होंने इस केन्द्र में करीब तीन एकड़ की जा रही जैविक खेती और जैविक खाद संयंत्र का जायज़ा भी लिया श्री दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्यपाल आचार्यदेवव्रत दवारा बनाये गये तरीके अन्सार भी जैविक खेती पर काम करें कृषि मंत्री ने इस मौके पर रिटेल मोबाइल वेन को झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि कृषि विभाग का लक्ष्य है कि किसान की आमदन और उप्ताद में वृद्वि हो और इसके लिये उन्नत बीज सूक्षम सिंचाई के साधन व आध्निक प्रौदयोगिकी को हरियाणा के प्रत्येक किसान तक पहंचाने का काम किया जायेगा साथ ही किसानों की बीमा राशि दिलवाने में मदद दी जायेगी और लापरवाही कंपनियों के खिलाफ काईवाई होगी पराली बारे उनहोंने कहा कि सरकार इसके निस्तातरण और उपयोग की दिशा में काम कर रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लालने कहा कि क्रूक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन एवं धार्मिक महत्व का केन्द्र बनाने के लिए विभिन्न राज्यों को तीर्थयात्रियों के लिए भवन बनाने हेतु भूखंड देने की नीति पर विचार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार ज्योतिसर और ब्रह्मसरोवर के बीच पांच एकड़ भूमि में भारत माता मंदिर का निर्माण करने का भी फैसला किया है मुख्यमंत्री ने बताया कि क्रूक्षेत्र केा एक धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र के तौर पर विकसित करने के लिए सरकार के अलावा क्रूक्षेत्र विकास बोर्ड व कई सामाजिक व धार्मिक संगठन भी काम कर रहेंगे जियो गीता संस्थान अक्ष्यधाम टैम्पल इस्कान टैम्पल और ज्ञान मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है जिसके पूरा होने पर इनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी

पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत ने आज जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्तमंत्री के घर आगज़नी के एक ओर आरोपी को ज़मानत दे दी है क्लबीर नामक ये आरोपी रोहतक का रहने वालाहै और करीब तीन साल से ये प्लिस हिरासत में था

देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में तीस हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लोकसभा में एक लिखित उतर में यह जानकारी दी

उन्होंने कहा िक विश्व विद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जायें ये दिशा निर्देश उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रखायत शिक्षकों और शोधार्थियों तक पहंचाने में सक्षम बनाते है हरियाणा के परिवहन कौशल विकास एवं औदयोगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज पलवल के गांव अलावलप्र के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय में वोकेशनल स्किल लैब का श्भारंभ किया

अपने सम्बोधन में श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सोनी इंडिया और केडमन के संयुक्त प्रयास से सी एस आर योजना के तहत शुरू की गई वोकेशनल स्क्ल लैब आध्निक स्विधाओं से युक्त होगी जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल गतिविधियों के बारे में सिखाया जायेगा

सिंगल यूज़ प्लास्टिक व पोलीथीन के बदले चावल देने की योजना इस माह के अंत तक जारी रहेगी

इंडियन नैशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी चिंता व्यक्त की है चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस विजप्ति में उन्होंने कहा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें बिगड़ रही है